बैंड बाजा बारात पर रहेगी रोक

आठ दशमलव पांच डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंड स्थान रहा बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजूट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

वहीं वैवाहिक कार्यक्रम में एक सौ और श्राद्धकर्म में पच्चीस से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि राज्य सरकार ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को शर्तों और निर्देशों के साथ लागू रखने का निर्णय लिया है श्री सुबहानी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर छब्बीस नवंबर से तीन दिसंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा स्नान और श्राद्ध क्रियाकर्म के मानक संचालन प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए फेस कवर मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा प्रवेश के समय हाथ को सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा कार्यक्रम के आयोजक होटल और विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोडे गये मास्क फेस कवर या दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था करेंगे अपर मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश के आलोक में समीक्षा के बाद पाया गया कि पटना शहर में पॉजिटिविटी मामलों की दर दस प्रतिशत से अधिक है तथा बेगूसराय जमुई वैशाली पश्चिम चम्पारण एवं सारण जिले में पिछले एक सप्ताह में इस दर में ज्यादा वृद्धि हुई है इसलिए कोविड उन्नीस वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना बेगूसराय वैशाली पश्चिम चंपारण सारण एवं जमुई जिलों में अवस्थित सभी अत्यावश्क सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति पचास प्रतिशत तक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है श्री सुबहानी ने बताया कि पटना जिले में चलने वाले एवं पटना जिले से अन्य जिलों या राज्यों तथा अन्य जिलों या राज्यों से पटना जिले के लिए चलने वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रियों की संख्या सीटों की निर्धारित संख्या के पचास प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी प्रदेश में कोविड उन्नीस के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ बयासी नये मामले सामने आये हैं इनमें से सबसे अधिक दो सौ ग्यारह पटना जिले में हुई है वहीं भागलपुर और मुजफ्फरपुर में चौंतीस चौंतीस गया में अठाईस सुपौल और दरभंगा में तेईस तेईस और पूर्णिया में बाईस मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी पांच हजार पांच सौ छह सक्रिय मामले हैं इन लोगों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव एक शून्य प्रतिशत हो गयी है वहीं राजधानी पटना में बिना मास्क पहने दुकान में काम करते हुए पाये जाने के बाद आठ दुकानों को तीन दिनों के लिए सील कर दिया गया है साथ ही रोहतास जिले में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना के नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पांच मॉल को सील कर दिया है जबकि मास्क नहीं पहने के कारण चार बसों को जब्त कर लिया गया है इधर नवादा में एक चिकित्सक की कोरोना से मौत के साथ ही प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान आठ लोगों की मौत हुई है वहीं पटना उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट आठ दिसम्बर तक न्यायालय में दाखिल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड जांच हो रही है डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार हालात से निपटने के लिये पूरी तरह तैयार है

अनलॉकडाउन काफी कृष्ठ खुल गया है तो धीरे धीरे ये कंसेज बढ़ते जा रहे हैं प्लस टेस्टिंग भी हमारी उसी तरीके से बढ़ रही है चारे वह रैपिड एंटिजन टेस्ट हो या वो आरटीपीसीआर हो तो इसकी वजह से लगता ये है कि और ज्यादा केसेज आ गये लेकिन यह कहना चाहूंगा कि यदि हम अब भी सुधर जाते हैं और अपने आपको मैनेज कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नही है सरकार ने बेड का अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग चौबालीस हजार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इस दौरान छत्तीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए अब तक छियासी लाख उनहत्तर हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर तिरानवे दशमलव छह छह प्रतिशत हो गई है देश में स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से बीस गुना अधिक हो गई है मृत्यु दर कम होकर एक दशमलव चार छह प्रतिशत रह गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में पांच सौ चौबीस लोगों की मौत हुई है पटना जिले की सभी अदालतों में एक से चौबीस दिसम्बर के बीच फिजिकल रूप से मामलों की सुनवाई की जायेगी पटना के जिला जज ने आदेश देते हुए कहा है कि कोविड उन्नीस के मानकों का कड़ाई से पालन किया जायेगा अदालत में पक्षकार उपस्थित होंगे उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं से इसमें सहयोग करने को कहा गया है भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर अगरतला नई दिल्ली स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे रोहिंग्या समुदाय के चौदह विदेशी नागरिकों को रेल पुलिस ने नई जलपाईगुड़ी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभानंद चन्द्रा ने बताया कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाईन पर सूचना मिली थी कि ट्रेन में कुछ संदिग्ध यात्री हैं जांच के बाद रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कटिहार मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए इन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया इनके पास कोई वैध दस्तावेज और पहचान पत्र नहीं था टिकटों की जांच में यह जानकारी मिली कि गिरफ्तार सभी विदेशी नकली नाम से यात्रा कर रहे हैं प्रछताछ के दौरान गिरफ्तार लोगों ने बताया कि वे बांग्लादेश के रिफ्यूजी शिविर से भागे हुए हैं तमिलनाड् के ऊपर बने निवार चक्रवात के कारण पटना समेत राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल छाये हुए हैं मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार इसका असर अगले चौबीस घंटे तक बने रहने की संभावना है दिन में तापमान में कमी आयेगी लेकिन रात के तापमान में वृद्धि होगी गया राज्य का सबसे ठंड स्थान रहा जहां का तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर कहा कि एक बार फिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ने को लेकर सकारात्मक तौर पर विचार करना होगा उन्होंने कहा कि इससे हर साल होने वाले चुनावों और उन पर होने वाले खर्चों तथा चूनावों की वजह से रुकने वाले कामों से बचा जा सकेगा प्रधानमंत्री ने सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट रखने का भी सुझाव दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार की सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा आकाशवाणी हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य के नगर निकायों में चलायी जा रही पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करेंगे आधिकारिक सूत्रो के अनुसार राज्य के सात शहर पटना गया बिहारशरीफ मुजफ्फरपुर भागलपुर पूर्णिया और दरभंगा में यह योजना चलायी जा रही है इस योजना के अंतर्गत इन शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आकर अपने कृषि उत्पादों को बेचने वाले वेंडर्स को ऋण दिया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में एकतीस सड़क और पुल परियोजनाओं के निर्माण की अपनी स्वीकृति दी है इनमें पीएम पैकेज की चौबीस और भारत माला पैकेज की सात परियोजनाएं शामिल हैं

कला संस्कृति और यूवा विभाग के मंत्री मंगल पांडेय ने कला के क्षेत्र में राज्य के कलाकारों को प्राथमिकता और उन्हें इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया श्री पांडेय ने विभागीय समीक्षा के बाद कहा कि मध्रबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के रूप में प्रचार किया जायेगा मंत्री ने कहा कि विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की जायेगी और नये कार्यक्रमों को लेकर पांच साल का विस्तृत रोडमैप भी बनाया जायेगा

बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही एक सौ बावन आदर्श केन्द्र बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा केन्द्रों की संख्या भी अधिक होगी पटना जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दस लोग घायल हो गये हैं गोपालगंज जिले के नगर थाने के रजौखर नवादा गांव में विषाक्त भोजन से ग्यारह लोग बीमार हो गये जिन्हें बाद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना के हाजत में बंद दो अपराधी फरार हो गया इन अपराधियों की पुलिस खोजबीन कर रही है खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक वैन से इक्यासी कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है बक्सर जिले के इटाढ़ीथाना क्षेत्र में अपराधियों ने दो लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के मोबाइल मामले और विधानमंडल में राज्यपाल के संयुक्त अभिभाषण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है हिन्द्रस्तान लिखता है भाजपा विधायक को लूभाने में चौतरफा घिरे लालू प्रसाद दैनिक जागरण की बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी दैनिक भास्कर ने पटना के वायु प्रदूषण पर लिखा है तीन दिनों की जाम का असर पटना में वायु प्रद्षण दिल्ली से अधिक प्रभात खबर ने सेंट्रल पेंशनर्स फरवरी तक जमा कर सकेंगे लाइफ सार्टिफिकेट की खबर को सुर्खी बनाया आज अखबार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के रोक पर लिखा है सैंकड़ों शिक्षकों का वेतन बंद एक साथ ही अन्य अखबारों ने हरियाण में किसानों के हिसंक प्रदर्शन की खबर को प्रमूखता दी है और अब अंत में मुख्य समाचार कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी किये

बैंड बाजा बारात पर रहेगी रोक

आठ दशमलव पांच डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंड स्थान रहा